मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर वर्षा जल संचंय के जल शक्ति अभियान कैच द रेन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और जल प्रबंधन आने वाली पीढियों के लिए महत्व्पूर्ण है इस अभियान का नारा है वर्षा जल की बूंदे जहां गिरे जब भी गिरे एकत्र करें प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच केन बेतवा नदी सम्पर्क परियोजना लागू करने सबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गये नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत यह पहली परियोजना होगी इसके तहत दाधन बांध के निर्माण के जरिये केन और बेतवा नदियों को जोडने वाली नहर के माध्यम से केन नदी का जल बेतवा नदी में डाला जाएगा

इस परियोजना से बुंदेलखंड के पानी की कमी वाले क्षेत्रों को जल आपूर्ति की जा सकेगी

विश्व जल दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी से जल का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करने और इसके संरक्षण के लिए ठोस प्रयास करने का आहवान किया एक टवीट में श्री नायडू ने कहा कि पुनर्उपयोग पुनर्चक्र और कम प्रयोग आदर्श वाक्य होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां इस अनमोल और सीमित प्राकृतिक संसाधन से वंचित न हों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में जन समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि हर जनपद में जिलाधिकारी द्वारा जनता की समस्याओं और शिकायतों के निराकरण की नियमित समीक्षा की जाये

उन्होंने सम्पूर्ण समाधान दिवस तहसील दिवस और थाना दिवस को और प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व विभाग तथा पुलिस विभाग संबंधी समस्याओं का गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाये मुख्यमंत्री ने गरमी के मौसम में आग लगने की दुर्घटना की संभावना को देखते हुए राहत आयुक्त कार्यालय और जनपद स्तर पर राजस्व प्रशासन कार्यालय को सकिय रहने के निर्देश दियें उन्होंने कहा कि आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन पूरी सकियता से बाजारों में बिक रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच करे मुख्यमंत्री ने आगामो एक अप्रैल से मूल समर्थन योजना क तहत शुरू होने वाली गेहूं कि खरीद के लिए सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था को बनाये रखा जाये और लोगों को इसके बारे में लगातार जागरूक किया जाये मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की बैठक कर रहे थे मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता पर बल देते हुए कहा कि इसमें कोई कोताही न बरती जाये उन्होंने रेलवे स्टेशन बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर इंफ़ारेड थर्मामीटर पल्स आक्सीमीटर और रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये मख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता से संचालित किया जाये और कान्टैक्ट ट्रेसिंग के कार्य को प्रभावी ढंग से किया जाये

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर में एक विंग गठित करते हुए इसके माध्यम से लोगों को टीकाकरण के बारे में जानकारी दी जाये

उन्होंने कहा कि कई राज्यों में कोरोना संकमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं इसलिए प्रदेश में विशेष सावधानी की आवश्यकता है प्रदेश में सप्ताह के छह दिन सोमवार से शनिवार सभी मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालय और सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर टीकाकरण सोमवार गुरूवार और शुकवार को किया जाता है

भारतीय कम्प्यूटर आपात कार्रवाई दल सीईआरटी इन ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को साइबर सुरक्षा का अलर्ट जारी किया है मंत्रालय ने परिवहन क्षेत्र के तहत विभागों और संगठनों को अपने बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने की सलाह दो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राज्य लोक निर्माण विभागों परीक्षण एजसियों और ऑटोमोबाइल निर्माताओं से अनुरोध किया गया है कि वे नियमित आधार पर सीईआरटी इन प्रमाणित एजेंसियों से संपूर्ण आईटी प्रणाली की सुरक्षा जांच कराएं और ऑडिट रिपोर्ट नियमित रूप से मंत्रालय को प्रस्तुत करें

शुरू में एयर इंडिया और उसकी सहयोगी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की एक ट्वीट में नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि वंदे भारत मिशन से न केवल फंसे हुए और आपदाग्रस्त नागरिकों को वापस लाया गया बल्कि इसे आशा और विश्वास के अभियान के रूप में भी देखा गया

श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशभर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जी ओ वी ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं